कल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ विचार विमर्श लखनऊ में आयोजित पहले दो दिवसीय राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन में प्रदेश के बेसिक रिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कल कहा विज्ञान की पुस्तकें और वैज्ञानिक लेखन को हिन्दी भाषा में लिखे जाने की है आवश्यकता राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने छात्रों से नये भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने की अपील की केन्द्र सरकार हस्तनिर्मित कालीन की करेगी ब्राडिंग नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बुनकरो को दिया गया विशेष प्रशिक्षण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति षी चिनफिंग आज अनौपचारिक शिखर वार्ता के दूसरे दिन सीधी बातचीत जारी रखेंगे दोनों नेता सुबह लगभग दस बजे होटल ताज फिशर मेंस कोव में मिलेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी और चीनी के राष्ट्रपति के बीच कल सौहार्दपूर्ण वातावरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज के बीच शोरमंदिर परिसर में परिणामजनक बैठक हुई विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि यह बैठक निर्धारित समय से अधिक चली और लगभग ढ़ाई घंटे जारी रही विजय गोखले ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ लगभग पांच घंटे बिताये और अनौपचारिक विचार विमर्श के दौरान अपनी अपनी राष्ट्रीय सोच शासन की प्राथमिकताओं और उन्हें हासिल करने पर चर्चा की चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग ने दोनों देशों के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की द्विपक्षीय व्यापार के आकार को बढ़ाने पर भी बातचीत की गयी आतंकवाद से निपटने पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई इससे पहले दक्षिण भारत के परम्परागत पोषाक धोती पहने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अर्ज्न तपस्या स्थल पर चीन के राष्ट्रपति का स्वागत किया दोनों नेताओं ने गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण वार्तावरण में हाथ मिलाया अतिथि देवो भव के मूल्यों के अनुरूप प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अर्जुन तपस्या स्थल के ऐतिहासिक महत्व से राष्ट्रपति पी चिनफिंग को अवगत कराया श्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को स्मारकों में अंकित चित्रों के अर्थ को भी समझाया बाद में श्री नरेन्द्र मोदी और श्री पी चिनफिंग ने अर्जुन तपस्या स्थल के पास एक चट्टान को काटकर बनाये गये मंदिर का अवलोकन किया इसके बाद प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति पांडवों के प्रसिद्व पंच रथ पहुंचे दोनों नेता तनावमुक्त वातावरण में कुछ देर के लिए रथ के सामने बैठकर बातचीत की इसके बाद श्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्व मंदिर ले गये जो भगवान शिव और विष्णु को समर्पित है दोनों नेताओं ने इस मंदिर के सामने अपने अपने शिष्टमंडल के सदस्यों का एक दूसरे से परिचित कराया भारतीय शिष्टमंडल में विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोमाल और विदेश सचिव विजय गोखले शामिल हैं चीन के शिष्टमंडल में अन्य लोगों के अलावा पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य और विदेश मंत्री शामिल हैं लखनऊ में कल से पहला राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन शुरू हुआ इसका उद्देश्य हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान लेखन को बढ़ावा देना है

श्री द्विवेदी कल राष्ट्रीय हिन्दी विज्ञान लेखक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मातृ भाषा और वैज्ञानिक संचार विषय पर आयोजित सत्र में सहभागिता करते हुए श्री द्विवेदी ने कहा कि वह स्वयं अपने छात्र जीवन में इस संकट का सामना कर चुके हैं जब बेहतर अभिव्यक्ति की क्षमता होने के बावजूद अंग्रेजी की बाधा के कारण वे अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके

केन्द्रीय मत्स्य पश्पालन और डेयरी विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हये कहा है कि बढ़ती जनसंख्या से विस्फोटक स्थिति हो गयी है उन्होंने इसे धर्म और वोट से न जोड़ने की अपील की है गिरिराज सिंह कल मेरठ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा आयोजित समाधान यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रमीण और शहरी क्षेत्र से महिला पुरूषों और साध् संतों ने भाग लिया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान में सबको साथ आना चाहिए यह एक जनजागरण अभियान है और यह लोगों को जगाने का एक सामाजिक विषय है न कि राजनीतिक प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने छात्रों से नये भारत के निर्माण में अपना अमुल्य योगदान देने की अपील की है राज्यपाल कल आगरा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पचासीवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बोल रही थीं उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नाम ऐसे महान व्यक्ति से जुड़ा है जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया और राष्ट्र निर्माण तथा भारतीय समाज के प्नर्निर्माण में कई प्रकार से अपना सहयोग दिया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभायी है जिनमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी छात्र के रूप में इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी दीक्षांत समारोह में एक सौ आठ मेडल प्रदान किये गये जिसमें तिरान्नवे स्वर्ण और पन्द्रह रजत पदक हैं इसके अलावा इकहत्तर पीएचडी एक सौ सत्ताइस एम फिल और चार डीलिट की उपाधियां छात्र छात्राओं को प्रदान की गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र सेवक नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने कहा कि वे महान समाजसेवी और देशभक्त नानाजी को उनकी जयंती पर नमन करते हैं प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नानाजी देशमुख को श्रद्वांजलि देते हए कहा कि वह आजीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को साकार करने के लिये प्रयत्नशील रहे उनके द्वारा गांव तथा किसानों के कल्याण के लिये किये गये कार्य हम सभी को सदैव प्रेरित करते रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें भी अपनी श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वाधीनता आन्दोलन में ऐतिहासिक योगदान देने के साथ साथ देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अतुलनीय भूमिका निभायी थी केन्द्र सरकार बुनकरो और शिल्पियो के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार हस्तनिर्मित कालीन उद्योग को बढ़ावा देगी केन्द्रीय कपड़ा सचिव रवि कपूर कल वाराणसी में चार दिवसीय भारतीय कालीन एक्सपो के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे

कपड़ा मंत्रालय के सविव रवि कपूर ने बताया कि सरकार हस्त निर्मित कालीन को मशीन से बने कालीन से बचाने के लिए इसकी ब्रांडिंग करेगी उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कालीन बुनकरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है इस प्रदर्शनी से पूर्वाचल में कालीन उद्योग को बेहद फायदा होगा एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला कल नई दिल्ली में शुरू हो गया तीन दिन का यह मेला सहकारी समितियों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के बड़े मंच की भूमिका निभाएगा और इससे गांवों और किसानों की समृद्धि बढ़ेगी मेले में छत्तीस देशों के संगठन भाग ले रहे हैं इसका उद्घाटन करते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारिता भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है उन्होंने बताया कि इस मेले में भारत की डेढ़ सौ से ज्यादा सहकारी समितियां हिस्सा ले रही हैं उन्होंने कहा कि डिलीवरी और हाट व्यवस्था जैसी चुनौतियों पर चर्चा करने का यह ऐतिहासिक अवसर है बस्ती में भाजपा नेता कबीर तिवारी की हत्या के मामले में कल जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश के कानून मंत्री बुजेश पाठक ने कहा कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करायी जायेगी और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जा कर अपराधियों के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पाण्डेय को जांच की जिम्मेदारी दी है इस बीच बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि कबीर हत्या कांड मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध है उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक इस घटना में शामिल आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं